प्रदेश में पांच दिवसीय गंगा यात्रा का हुआ श्भारम्भ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा नमामि गंगे मिशन के अन्तर्गत स्यच्छ हुई गंगा कोरोना वायरस की सम्भावित चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार सतर्क जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अलग वार्ड बनाने के दिए निर्देश प्रदेश विधानमण्डल का बजट सत्र तेरह फरवरी से

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे बोडो समुदाय विकास की बहत सी नई गतिविधियों में शामिल हो सकेगा उन्होंने कहा कि केंद्र बोडो समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हरसंभव कदम उठाएगा इससे पहले कल नई दिल्ली में केन्द्र असम सरकार और बोडोलैंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एनडीएफबी के ऐतिहासिक त्रिफ्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गये इस त्रिपक्षीय समझौते पर गृहमंत्री अमित शाह तथा असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गये समझौते में बोडो आदिवासियों को राजनीतिक आर्थिक कार्यपालक और भूमि अधिकार देने का प्रावधान किया गया है इसके अलावा उनकी सांस्कृतिक तथा भाषाई पहचान बनाये रखे जाने का प्रावधान है केन्द्र और असम सरकार बोडो समृदाय के आर्थिक विकास के लिए पन्द्रह सौ करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता देगी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद श्री अमित शाह ने कहा कि इस ऐतिहासिक समझौते से असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और विकास के नये रास्ते ख्लेंगे मैं मानता हूं कि ये एग्रीभेंट बोजो क्षेत्र के लिए और असम के लिए एक बहुत विकास का रास्ता प्रशस्त करने वाला एग्रीभेंट होने जा रहा है नारा दिया था प्रयानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और अब इसके साथ सबका विस्वास जोड़कर ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के प्रकोप असांति से बाहर लाने का अस्थिरता से बाहर लाने का प्रयास हुआ है प्रदेश में पांच दिवसीय गंगा यात्रा कल बिजनौर और बलिया जनपदों से श्रू हो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बिजनौर से यात्रा का शुभारम्भ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प किया था जिसके अंतर्गत जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किये गये इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में गंगा स्वच्छ हो गयी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर में गंगा में हर रोज लाखों लीटर दूषित जल पहुंचता था लेकिन सरकार ने एक योजना बनाकर उस दूषित जल को सीवरेज प्लांट में पहचाया जहां से साफ होकर अब वह जल गंगा में मिलता है म्ख्यमंत्री ने कहा कि गंगा को स्वच्छ बनाना सभी का दायित्व है

राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल केन्द्रीय मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बलिया से गंगा यात्रा का श्भारम्भ किया बलिया में यात्रा को रवाना करते हए राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि वे लोग बहत ही भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र नदी के किनारे बसे हए हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्जरात में मुख्यमंत्री रहते हए वहां की नदियों को स्वच्छ करने का कार्य किया शहरों से निकलने वाले दूषित जल को साफ कर नदियों में छोड़ा गया राज्यपाल ने कहा कि आज गुजरात में सादरमती और नर्मदा नदिया स्वच्छ हैं राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री अब इसी संकल्प के साथ गंगा को भी स्वच्छ करने के लिए संकल्पित हैं और इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि बलिया और बिजनौर से शुरू हई गंगा यात्रा सत्ताईस जिलों की एक हजार तीन सौ पचास किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा समापन पर इकत्तीस जनवरी को कानपुर में एक समारोह आयोजित किया जायेगा यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई है जिसका उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ावा देना और नदी के किनारे रहने वालों का अधिक विकास करना और उन्हें खुशहाल बनाना है प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि सरकार भागीरथ सर्किट के अंर्वगत गंगा किनारे बसे गाँवों में पर्यटन विकास के लिए कई विकास कार्य करेगी श्री तिवारी कल वाराणसी में सांस्कृतिक संक्ल अर्बन हाट में गंगा यात्रा एवं विकास पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे उन्हांने कहा कि प्रदेश में शुरू हई गंगा यात्रा के तहत मंगलवार और ब्धवार को वाराणसी में कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे कोरोना वायरस की सम्भावित चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने सतर्कता बरते हए एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलजों में दस बेड वाले अलग वार्ड बनाने के निर्देश दिए गये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना वायरस की स्थिति और इससे निपटने के उपायों की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हवाई अड्डों पर विदेश से आने वालों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर विशेष निगरानी के भी निर्देश दिए नेपाल में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमण का मामला प्रकाश में आया है

कल कर्नाटक के मंगलुरु में इस कानून के समर्थन में आयोजित रैली में उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छिनेगी उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और कांग्रेस अल्पसंख्यकों में भय पैदा कर रही है

श्री रामदेव कल देवरिया महोत्सव में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने ऐसे दलों और संगठनों पर देश में नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया श्री रामदेव ने कहा कि यह देश सभी भारतीयों का है उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के करोड़ों लोग इस कानून के समर्थन में हैं श्री रामदेव ने कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर कहा कि कुछ राजनीतिक दल जान बूझकर मुस्लिम समुदाय के बीच नागरिकता संशोधन कानून के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं उन्होंने समाज के जिम्मेदार लोगों का आहवान किया कि वे आगे आए और कानून के बारे में लोगों को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराए प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आगामी तेरह फरवरी से आयोजित किया जाएगा यह वर्ष दो हजार बीस का पहला सत्र होगा सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सत्र के पहले दिन तेरह फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को पूर्वान्ह ग्यारह बजे एक साथ सम्बोधित करेंगी

केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयास से पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है कल दिल्ली में कारोबारियों और व्यापारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं ने देश के बुनियादी क्षेत्र में विकास को गति दी है उन्होंने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक गरीब को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि राजधानी लखनऊ में पांच फरवरी से आयोजित होने वाला डिफॅस एक्सपो भव्य एवं आकर्षक होगा श्री महाना कल डिफेंस एक्सपो के आयोजन की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे उन्होंने डिफेंस एक्सपो के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए

यह कार्य जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रमेन्ट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है यह परियोजना दो चरणों में लागू की जायेगी जिसकी अवधि दस वर्ष होगी